इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस नये मार्ग के निर्माण में हमारे शास्त्रों में वर्णित सभी मानकों और नीतियों का ध्यान रखा गया है ये कारी विश्वनाथ महादेव करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आस्था का स्थान है लोग काशी आते हैं उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है उस आस्था को बल मिलेगा हमारे मदिरों की रक्षा कैसे हो व्यवस्था कैसे हो उसका एक मॉडल तैयार होगा प्रातत्वीय चीजों को बचाये रखते हुए उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधनिकता कैसे लाई जा सकती है इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सत्तर सालों में किसी ने भी इस विश्वविख्यात मंदिर के आसपास अवैध कब्जे को हटाने का प्रयास नहीं किया हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग दो सौ चालिस वर्षो के बाद इस मार्ग का विस्तार किया जा रहा है इस पूरे परिसर को अब काशी विश्वनाथ धाम के नाम से जाना जायेगा

इसके सौदर्यीकरण के बाद काशी में पर्यटन उद्योग को भी एक नई गति मिलेगी प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह कॉरिडोर अन्य मंदिरों के लिए भी आध्निक सुविधाओं सुरक्षा और संरक्षा का मॉडल बनेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार दो हजार बाईस तक देश के हर उस व्यक्ति को घर देगी जिसके सर पर छत नहीं है उन्होंने कहा कि जिन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिला है उन्हें आने वाले दिनों में घर जरूर मिलेगा आज दोपहर बाद कानपुर में एक रैली को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के तहत पूरे देश में डेढ़ करोड़ से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं हाल ही में कश्मीर मूल के लोगों पर हए हमलों की निन्दा करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश को एकता भाईचारे और सद्भाव की जरूरत है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई विकास कार्यो का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया

विश्वभर में सरकारें गैर सरकारी संगठन और अन्य संस्थाएं महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष आठ मार्च महिला दिवस के रूप में मनाती हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशेष रूप से भारत की बेटियों को बधाई दी है जिन्होंने अपनी सफलता के माध्यम से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिलाएं समाज और देश को बदलने की ताकत रखती हैं ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हैं जहां उनका योगदान न हुआ हो वे आज वाराणसी में पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि महिलाए रक्षा स्वास्थ्य और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं आज जो काम कर रही हैं उससे अपने परिवार को तो सहारा दे ही रही हैं देश को भी समृद्धि की तरफ ले जा रही हैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं का योगदान न हो सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कहा कि महिलाए संसार को खूबसूरत बनाती हैं महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी महिलाओं को बधाई दी है उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या राम जन्मूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामला सहमति के लिए मध्यस्थता पैनल को सौंप दिया है तीन सदस्यों के पैनल की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम कलीफुल्ला करेंगे इसके अन्य सदस्य हैं आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रवि शंकर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांच् न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मध्यस्थता प्रक्रिया फैजाबाद में होगी और यह एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी न्यायालय ने निर्देश दिया कि मध्यस्थता पैनल चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट दायर करेगा और समूची प्रक्रिया आठ सप्ताह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए

पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपने छह सदस्यों की पहली सूची जारी की